उपायुक्त ने अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए पीजीआई ऊना जिला के मलाहत में प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाईट केन्द्र के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कल पूरी हो गई

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली जीत से पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है जिसका आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ होगा सुक्खू कल शिमला में ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे इस दौरान एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी को इस जीत पर बधाई भी दी गई

जिला युवा सेवाएं व खेल अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता राज्य स्तर पर कुल्लू जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के शिमला पहुंचने की खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है चुनावी थकान मिटाने शिमला पहंचे राहल गांधी जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बहन प्रियंका का आशियाना देखने शिमला पहंचे राहुल सड़क मार्ग से पहुंचा काफिला धर्मशाला में होने वाले प्रदेश सरकार के एक साल के समारोह पर पंजाब केसरी और दैनिक सवेरा टाइम्स की लगभग एक जैसी सुर्खी है पीएम को धर्मशाला रैली का निमंत्रण देने आज दिल्ली जाएंगे जयराम आपका फैसला ने खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर के हवाले से लिखा है धर्मशाला में तीन घंटे रूकेंगे प्रधानमंत्री

अमर उजाला की एक खबर है आंगनबाड़ी केंद्रों में बन सकेंगे अब आधार कार्ड घर द्वार अपग्रेड भी करवा सकेंगे आधार दैनिक जागरण ने खबर दी है रिकवरी न भरने वाले चंबा के प्रधानों की संपति होगी कुर्क जिला की पंचायतों में लंबित है एक करोड़ छह लाख की रिकवरी

इसी समाचार पत्र के अनुसार छह जनवरी को नए साल का पहला जनमंच हिमाचल दस्तक की एक खबर है जनमंच दिलाएगा पानी का मुफत कनेक्शन घरों के अंदर तक पाइप बिछाने की व्यवस्था करने को बनेगी नीति एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सपनों से छल में लिखा है कि विदेश भेजने के नाम पर युवाओं के सपनों से छल करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती ऐसे में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई होने चाहिए